मुख्यमंत्री ने कहा कि इस निर्णय से कई महत्वकांक्षी परियोजनाओं के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा उन्होंने कहा कि एफ सीए और एफ आरए न मिलने के कारण विभिन्न विकासात्मक परियोजनाए कई वर्षों से समय पर कार्यान्वित नहीं की जा सकी हैं

वे आज सोलन जिले में कसौली विधानसभा क्षेत्र की बनासर पंचायत के खडीण गांव में जनसमस्याएं सुनने के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे सैजल ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार के प्रयासों से कोरोना महामारी पर रोकथाम की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि देश व प्रदेश अब फिर से विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है और विकास के मार्ग को प्रशस्त करने में पंचायती राज संस्थाओं की अहम भूमिका है उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं के नव निवार्षित प्रतिनिधियों से केंद्र व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों से लोगों को लाभान्वित करने का आग्रह भी किया रौजल ने खडीण गांव में पेयजल योजना के संवर्द्वन का आश्वासन भी दिया

इसी के दृष्टिगत आज एक केंद्रीय दल ने डॉक्टर अशोक भारद्वाज की अग्वाई में किन्नौर जिला का दौरा किया केंद्रीय दल ने तपेदिक की रोकथाम के लिए पहले से ही सर्वेक्षण कर रहे तपेदिक दल से जिले में इसकी स्थिति के बारे में जानकारी हासिल की केंद्रीय दल ने जिले के विभिन्न दवा विकेताओं निजी क्लीनिक संचालकों चिकित्सकों और तपेदिक का उपचार करवा रहे मरीजों से भी जानकारी हासिल की मुख्य विकित्सा अधिकारी डॉक्टर सोनम नेगी ने बताया कि इन दिनों राष्ट्रीय मिशन का एक दल पूह व सांगला ब्लॉक के दौरे पर है और इस दल ने भी जिले में तपेदिक रोग मुक्ति के लिए दी जा रही सुविधाओं की जानकारी हासिल की है इस दौरान रिकांगपिओ अस्पताल में टीवी उन्मलन को लेकर एक कार्यशाला भी लगाई गई जैनब चंदेल प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष जैनब चंदेल ने देश में पैट्रोल डीजल व रसोई गैस के बढ़ते मुल्यों पर चिंता जताई है एक बयान में उन्होंने कहा कि सरकार की कथित जन विराधी नीतियों से देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है और समाज का हर वर्ग बढ़ती मंहगाई से परेशान है जैनब चंदेल ने कहा कि देश की विकास दर निम्न स्तर से भी नीचे चली गई है उन्होंने ये भी कहा कि बढ़ती मंहगाई के खिलाफ महिला कांग्रेस प्रदेश में एक बड़ा सम्मेलन आयोजित करेगी और इसके बाद सभी जिलों में आंदोलन किए जाएंगे बसंत पंचमी बसंत पंचमी का पर्व आज देश सहित प्रदेशभर में श्रद्धा व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया इस पर्व को बसंतोत्सव और फ़लों के खिलने के मौसम का आरंभ माना जाता है बसंत पंचमी के मौके पर क़ल्लू में भगवान रघ्नाथ जी की शोमा यात्रा निकाली गई और उन्हें रथ पर बिठाकर ढालपूर स्थित अस्थाई शिविर में लाया गया बाद में विधिवत्त पूजा अर्चना के बाद गुलाल फेंकने की रस्म निभाई गई

इस दिन को राम भरत भिलन के रूप में भी मनाया जाता है इधर बसंत पंचमी के मौके पर राजकीय संस्कृत महाविद्यालय सोलन में भी मां सरस्वती की विधिवत पूजा अर्चना की गई और यज्ञ का आयोजन किया गया स्वराज सम्मेलन मंडी जिले में पंचायती राज संस्थाओं के नव निर्वाचित जन प्रतिनिधियों के लिए पूर्ण राज्यत्व के स्वर्ण जयंती कार्यक्रमो की कड़ी में दो स्वराज सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे उपायुक्त ऋगवेद ठाकुर ने आज मंडी में एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि इन सम्मेलनों के माध्यम से जॅन प्रतिनिधियों केो विभिन्न विभागों की योजनाओं व उपलब्धियों को जानकारी दी जाएगी